जैक अध्यक्ष ने कहा कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जुलाई माह में होगा घोषित राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में हुई प्री मानसून बारिष

राज्य में अब तक एक हजार पांच सौ निन्यनाबे संक्रमित मिले हैं जिनमें एक हजार तीन सौ ग्यारह प्रवासी मजदूर शामिल हैं

झारखंड में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या नौ सौ इकसठ है राहत की बात यह है कि सभी प्रवासी क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं कल मिले नये मरीजों में सिमडेगा के बीस रांची के नौ जमशेदपुर तथा लातेहार के पांच पांच कोडरमा के तीन पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग के दो दो बोकारो तथा लोहरदगा के एक एक नए पॉजिटिव शामिल हैं रांची के नौ नए मरीजों में तीन हिंदपीढ़ी के हैं

इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी कामगारों को उपराजधानी दुमका से स्पेशल ट्रेन से लद्दाख के लिए रवाना करेंगे सभी श्रमिक सीमा सड़क संगठन की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में कराने जाने वाले सड़क निर्माण कार्य से जूड़ेंगे इस सिलसिले में बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के अपर पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार ने कल झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों की बहाली में श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन किया जाए इनकी नियुक्ति में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाए इसमें बिचौलियों की किसी तरह की भूमिका नहीं होनी चाहिए श्रमिकों के हित से किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए

रेल विभाग राज्य सरकारों कोविड उपचार केंद्र मुहैया कराएगा इसके लिए विभाग ने दस दस बोगियों वाली रेलगाड़ियां तैयार की हैं जिनमें से प्रत्येक बोगी में सोलह कोरोना मरीज रखे जा सकेंगे रेल मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अब तक पाँच हजार दो सौ इक्कतीस बोगियों को तैयार किया जा चुका है रेल मंत्रालय के अनुसार इन बोगियों का उपयोग कोरोना के सामान्य मरीजों की देखभाल के लिए किया जा सकता है ये बोगियां ऐसे इलाकों के लिए हैं जहां राज्य सरकार के अपने संसाधन पर्याप्त नहीं रह गए हैं और कोरोना के संदिग्ध तथा पृष्ट मामलों के लिए सुविधाएं बढ़ाना जरुरी हो गया है फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए एक सौ अंठावन स्टेशनों पर पानी और चार्जिंग की तथा अंठावन स्टेशनों पर पानी की विशेष सुविधा उपलब्ध है

स्क्रीनिंग के बाद तिरासी लोगों को आइसोलेशन वार्ड और सत्रह लोगों को होम क्वारन्टीन तथा पांच सौ छियासी लोगों को होम आइसोलेशन में भेजा गया

इधर लोहरदगा जिले से कुल तीन हजार बयालीस लोगों का सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजा जा चुका है जिनमें दो हजार पांच सौ इकतालीस सैंपल का परिणाम आ चुका है

उन्होंने कहा कि मैट्रिक इंटर साइंस और कामर्स का रिजल्ट एक साथ जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी किया जायेगा और उसके बाद इंटर कला का रिजल्ट भी जुलाई में ही जारी किये जाने की संभावना है

समग्र रैंकिंग और इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान बरकरार रखा है विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरू प्रबंधन श्रेणी में इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद सर्वोच्च स्थान पर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली मेडिकल श्रेणी में लगातार तीसरे साल सर्वोच्च बना हुआ है इस अवसर पर आयोजित समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि इस रैंकिंग से विश्व विद्यालयों को विभिन्न मानकों पर सुधार करने का अवसर मिलेगा और शोध के क्षेत्र में कमियों की पहचान और उसे सुधारने में मदद मिलेगी देषभर में ओवरऑल टॉप एक सौ संस्थानों में झारखंड से आईएसएम आईआईटी धनबाद बाईसवें स्थान पर जबकि बीआईटी मेसरा पचासीवें स्थान पर है

गिरिडीह उपायुक्त राहल क्मार सिन्हा ने बताया कि मरम्मत के लिए राशि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को उपलब्ध करा दी गई है

कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनधारकों को अपना पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है

मंत्रालय ने बताया कि ईपीएफओ पेंशनधारी अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष में किसी भी समय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तृत कर सकते हैं

इससे पहले पेंशनधारकों को नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पडता था यह कदम ईपीएफ पेंशनधारकों को बाधा मुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है

आयोग के अध्यक्ष विनय क्मार सक्सेना ने कहा कि भारत द्वनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि वह दुनिया में बांस और इससे बनी वस्तुओं को आयात करने में भी दूसरे नंबर पर है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देश की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन साइबरस्पेस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा इसमें पहली से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ड्रॉइंग प्रतियोगिता चौथी से आठवीं कक्षा तक के लिए मॉडल निर्माण प्रतियोगिता और नौवीं तथा दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता रखी जाएगी ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में निबंध के साथ अंतरिक्ष ज्ञान प्रतियोगिता भी कराई जाएगी इच्छ्क विद्यार्थी इसके लिए इसरो की वेबसाइट से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं गुमला जिले में गरीब कल्याण योजना के तहत अड़तीस हजार पांच सौ चालीस लाभुकों के खाते में दूसरी किस्त की राशि का भुगतान किया गया है सामाजिक सुरक्षा कोषांग गुमला के सहायक निदेशक खुशेंद्र सोन केसरी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक लाभुक के बैंक खाते में पांच पांच सौ रूपये की राशि भेजी गई है राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में प्री मॉनसून बारिष हई पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां चाईबासा समेत कई जिलो में कल मॉनसून की बारिष हुई मौसम विभाग के अनुसार अगले अड़तालीस घंटे के अंदर झारखंड में मानसून प्रवेष कर जायेगा और अब संक्षिप्त खबरें पलामू के विश्रामप्र कुम्हारटोली में निर्माणाधीन शौचालय की टंकी में गिरने से एक दो वर्षीय बच्चे की मौत हो गई खूंटी जिले के तोरपा पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अवैध शराब की भटिठयों को ध्वस्त किया